बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बताते हुये इसे आगे जारी रखने तथा इसका प्रति परिवार की बजाय प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया है इसके साथ ही जनधन खाते में मिलने वाली ओवर ड्राफ्ट और बीमा राशि को दोगुना कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रारंभ में इस योजना को चार वर्षो के लिए शुरू किया गया था जो इस वर्ष चौदह अगस्त को समाप्त हो गया अब यह योजना अगले फैसले तक जारी रहेगी उन्होंने कहा कि वर्तमान जनधन खातों पर ओडी की सीमा पांच हजार रुपये ही रहेगी लेकिन नये खातों के लिए यह सीमा दस हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही इसके तहत मिले रुपे कार्ड से जुड़ी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है जो अठाईस अगस्त दो हजार अठारह के बाद खुलने वालों खाताधारकों के लिए होगा अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का आहवान किया है भारत बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं इस बीच रेलवे ने रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाये रखने के लिए सभी रेल खंडो पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू आई डी ए आई ने विद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराये प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं कटिहार बेगूसराय शेखपुरा अररिया समेत राज्य के तेरह जिलों में आयुष्मान भारत योजना को लेकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की गयी है अभियान में चयनित जिलों के सिविल सर्जन का सहयोग लिया जा रहा है पहले चरण में पन्द्रह सितम्बर तक बाईस सांस्कृतिक दलों द्वारा दो सौ बीस कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पच्चीस सितम्बर को इस महत्वाकांक्षी योजना का शुरूआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि मोकामा में गंगा पर पुल निर्माण का कार्य तीस सितम्बर से शुरू होगा मोकामा के औटाघाट से सिमरिया के बीच एक हजार एक सौ इकसठ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस पुल को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इस प्रल के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष किया गया था वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिफंड दाखिल करना आसान बनाया है मंत्रालय ने बताया कि कारोबारियों को अब कर अधिकारियों को पूरे माह का लेखा जोखा देने के बजाए सिर्फ जीएसटी आर टू ए फार्म का प्रिंट आउट उपलब्ध कराना होगा जीएसटी आर टू ए सिस्टम से स्वतः निकलने वाला लेखा जोखा है जो कारोबारी और आपूर्तिकर्ता के बीच लेन देन से जुड़ा होता है इधर कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का नया फार्म जीएसटी आर नौ फार्म जारी किया है इसके जरिए कारोबारी को पूरे एक साल का ब्यौरा दर्ज करना होगा नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं गंडक के जलस्तर में वृद्वि जारी रहने से गोपालगंज के सिधवलिया बैकुंठपुर और सदर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है उधर गंगा नदी के जलस्तर में पिछले छह दिनों में इकतीस सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है बनारस से मुंगेर तक गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर अलर्ट पर है केन्द्रीय जल आयोग ने कहा है कि आज पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है पटना के दानापुर और मनेर में गंगा का पानी कई गांवों में फैल गया है उधर साहेबगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से इक्यावन सेंटीमीटर ऊपर है वहीं पुनपुर का दबाव पटना के दक्षिण क्षेत्र पर बढ़ने लगा है औरंगाबाद जिले के गोह नवीनगर ओबरा और सदर प्रखंड में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईआईएम बोधगया समेत सात आईआईएम के स्थायी परिसर को मंजूरी दी गयी है इन सातों आईआईएम के लिए तीन हजार सात सौ पचहत्तर करोड़ बयालीस लाख रूपये आवंटित किया गया है इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इनके लिए पांच साल तक प्रति छात्र पांच लाख रूपये की सहायता भी स्वीकृत की है पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी कटिहार रेल खंड के लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन के बीच बाढ़ के पानी के कारण धंसी पटरी का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रायल के तौर पर इस रेलखंड पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया गया है इधर आज भी सहरसा पटना राज्यरानी एक्सप्रेस कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस और टाटा बरौनी कटिहार लिंक एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी मैथिली साहित्य महासभा नई दिल्ली ने मैथिली कविता जगत में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही स्वाति शाकम्भरी को प्रतिष्ठित मैसाम युवा सम्मान दो हजार अठारह से सम्मानित करने का निर्णय लिया है पटना कस्टम विभाग और हाजीपुर आरपीएफ की टीम ने पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर अवध असम ट्रेन में छापेमारी कर एक करोड़ रूपये का विदेशी समान जब्त किया है पटना में खेले जा रहे है राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र सब जूनियर फुटबॉल चैम्पियनशिप में साई ने सिक्किम को दस शून्य हरा दिया वहीं एक अन्य मैच में झारखंड ने बिहार को दो शून्य से पराजित किया आज इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच मुकाबला होगा उधर मुजफ्फरपुर में सम्पन्न राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट के अंडर सेवेंटीन के बालक वर्ग में मुजफ्फरपुर जबकि बालिका वर्ग में पूर्णिया की टीम चैम्पियन बनी है पटना में आगामी नौ सितम्बर को पन्द्रहवीं राज्य स्तरीय राज्य मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा बिहार तैराकी संघ के सूत्रों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पच्चीस साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने एससी एसटी एक्ट के खिलाफ प्रस्तावित भारत बंद की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है आज भारत बंद को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा राशि दोगुनी दैनिक जागरण का शीर्षक है दारोगा बहाली रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक दैनिक भास्कर लिखता है निजी स्कूलों की मनमानी फीस रोकने के लिए विधानमंडल में लायेंगे प्रस्ताव प्रभात खबर की सुर्खी है कोल इंडिया का निर्णय एनटीपीसी कहलगांव फरक्का को कोयले की आपूर्ति बढ़ी राष्ट्रीय सहारा ने मोकामा में गंगा नदी पर नये पुल निर्माण की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है गंगा नदी पर अगले तीन वर्षो में पुल बनकर हो जायेगा तैयार

बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट